गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई

और प्रदेश में कल से जारी है बारिश और बर्फबारी का सिलसिलातापमान गिराजनजीवन प्रभावित

लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने पाकिस्तानी कार्रवाई को नाकाम कर दिया इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया

मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गुप्तचर एजेंसियों के प्रमुख गृहसचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर कल विमानों से किए गए हमले को देखते हुए इस बैठक का बड़ा महत्व है स्लग सीएम कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पीओके में जाकर भारतीय वायुसेना ने पुरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है उन्होंने वायू सेना के जवानों को बधाई देते हुए कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई है देहराद्न में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नये भारत के निर्माण का संकल्प लिया है वहीं प्रदेश सरकार भी जनता से किये गये वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है

पूरा देश हाई अलर्ट पर है उत्तराखंड में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है आईएमए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन्स्ट्रुमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट यानी आईआरडीई और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेट्री सर्मेत सभी रक्षा और केंद्रीय संस्थानों की निगरानी बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस पैरामिलिट्री और सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है

इस अवसर पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में राजमार्गो का निर्माण किया जा रहा है और गांवों में साफ सफाई की स्थिति में बहुत सुधार आया है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले दो वर्षो में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य पेयजल रोजगार और पलायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष बल दिया है

उन्होंने कहा कि त्रिवेणी एक्सप्रेस के चलने से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा साथ ही भविष्य में यहां से दिल्ली देहरादून पंजाब मुम्बई जैसे लंबी दूरी वाले स्थानों तक भी ट्रेन शुरू की जाएगी

वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के अपर मण्डल रेल प्रबन्धक आशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्थानीय लोगो की मांग को देखते हुए टनकपुर से सिंगरौली तक दो ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है जो सप्ताह अलग अलग दिन निर्धारित समय के अनुसार चलेंगी स्लग मौसम मौसम के करवट बदलते ही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों समेत मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां भारी बर्फबारी हो रही है वहीं निचले और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है गढ़वाल मंडल में चमोली रुद्रप्रयाग टिहरी उत्तरकाशी और पौड़ी के साथ ही क्माऊं मंडल में नैनीताल अल्मोड़ा चंपावत बागेश्वर पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई राजधानी देहरादून समेत निचले इलाकों में बारिश हुई और कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी खबर है बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है कई जगह बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई है काश्तकारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं औली में नेशनल स्कीइंग टूर्नामेंट पर भी बर्फबारी का असर पड़ रहा है

श्री रावत ने कोटद्वार के विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की उन्होंने चौकीघाटा में बने मग विहार को कण्वाश्रम रेस्क्यू सेन्टर के रूप में स्थापित करने के लिए बात की इसके साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित परियोजनाओं के साथ अन्य विकास कार्यो के लिए वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया की वजह से आ रही कठिनाइयों के बारे में डॉ हर्षवर्धन को बताया डॉ हरक सिंह रावत ने वन भूमि पर विभिन्न विकास परियोजना के निर्माण के लिए पांच हेक्टेअर की वन भूमि तक के मामलों में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को अधिकृत करने का प्रस्ताव दिया है इन मांगों पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है इस मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने कोटद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुपर स्पेशियेलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी है स्लग नर्सिंग संगोष्ठी उत्तराखंड में नर्सिंग विषय की पहली इंटरनेशनल संगोष्ठी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानि एम्स ऋषिकेश में कल से शुरू हो गई इस दौरान देश विदेश की फैकल्टी ने पेरिऑपरेटिव नर्सिंग ऑपरेशन थियेटर में साक्ष्य आधारित देखभाल बढ़ाना विषय पर व्याखानमाला प्रस्तुत किया इस अवसर पर एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत ने संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं नर्सों को विश्व स्तर पर खरा उतरने को प्रेरित किया उन्होंने ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल टीम में नर्सिंग स्टाफ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशानुसार ऑपरेशन थिएटर में सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाना जरूरी है जिससे मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके संगोष्ठी में लंदन से आए क्लिनिकल कंसलटेंट प्रोफेसर जीन रेड ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट विषय पर व्याख्यान दिया उन्होंने रोगी की सुरक्षा के लिए इसका अनुपालन जरूरी बताया वहीं एम्स नर्सिंग कॉलेज के डीन डा सुरेश के शर्मा ने बताया कि एम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग पहला संस्थान है जिसने पूरे एशिया महाद्वीप में ऑपरेशन थियेटर नर्सिंग में विशेषज्ञता पाठ्यक्रम को लागू किया